सूजन घोटाला मामले में सीबीआई पच्चीस से अधिक बीडीओ से करेगी पूछताछ

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत के लिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को जिम्मेदार बताते हुये कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इनकी बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगायेगी उन्होंने कहा कि बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है इसका समाधान खोजा जा रहा है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को नियुक्ति में पचास प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जब तक नियमित बहाली नहीं हो जाती तब तक संविदा अफसर और कर्मचारियों की सेवा बहाल रहेगी तथा नियमित बहाली में इनको प्राथमिकता दी जाएगी श्री मोदी ने कहा कि राज्य तकनीकी आयोग का गठन किया गया है जिससे डॉक्टर और इंजीनियरों की शीघ्र बहाली हो सके उन्होंने कहा कि बिना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के ही डॉक्टर तथा इंजीनियर की बहाली की जायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में ग्यारह जिलों में जल्द लागू कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य में समेकित कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि फसल उत्पादन के अतिरिक्त उद्यान और पशुधन पर आधारित कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है इसके लिये उद्यान पर पच्चीस हजार पशुधन आधारित कृषि के लिये चालीस हजार और फसल के लिये पंद्रह हजार रूपये अनुदान प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश के लगभग डेढ़ लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्रों को दो हजार बाईस तक सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया जाएगा हैदराबाद में एक समारोह में उन्होंने कहा कि इन उन्नत केन्द्रों पर तीस वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति की रक्तचाप मध्रमेह टीबी स्तन कैंसर और कुष्ठ रोग की जांच की जायेगी श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत इस महीने की तेईस तारीख को की जायेगी बिहार रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी रेरा ने बिल्डरों को ब्याज सहित मूल रकम लौटाने का आदेश दिया है सुनवाई करते हुये रेरा सदस्यों ने कहा कि एनओसी या कंपलीशन सर्टिफिकेट के बगैर ग्राहक को फ्लैट लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता सदस्यों ने खगौल में नेश इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से बनाये जा रहे फ्लैटों को बिना तैयार किये बेचने का प्रयास करने के आरोप में शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की है राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की अब पांच श्रेणी बनायी जायेगी केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव भेजकर बिहार सरकार से इस पर सुझाव मांगा है केंद्र सरकार की ओर से भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली उपभोक्ताओं का वर्गीकरण भार क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिये सभी राज्यों में बिजली की दर और भार क्षमता को एक समान बनाने के लिये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यह कार्रवाई कर रही है राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य के लगभग चालीस हजार चार सौ छप्पन भूमि पर्चाधारियों को जमीन पर दिसंबर माह तक कब्जा दिलायेगा विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इसके लिये सभी जिलों के पंचायतों में शिविर लगाकर पर्चाधारियों की समस्या सुनी जायेगी और इसके बाद जमीन पर कब्जा दिला दिया जायेगा राज्य के कारागार के पदाधिकारियों को ऑनलाईन काम करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा कारा महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि सत्रह सितंबर को एनआईसी बिहार और गृह विभाग के आईटी प्रबंधक कारा अधीक्षकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे प्रवर्तन निदेशालय ने भाकपा माओवादी कमांडर प्रद्युम्न शर्मा के जहानाबाद जिले में हुलासगंज प्रखण्ड के रोस्तमपुर गांव में स्थित उसके नौ भूखण्डों को जब्त कर लिया है इसके साथ ही निदेशालय ने शर्मा के आठ डिसिमील में बने दो मंजिला मकान को जब्त करने का निर्देश पुलिस को दिया है सूजन घोटाला मामले में सीबीआई पच्चीस से अधिक बीडीओ से पूछताछ करेगी सीबीआई के अनुसार भागलपुर जिले के आठ प्रखण्डों में राशि की अवैध निकासी की गयी है जिसमें शाहकुंड जगदीशपुर कहलगांव पिरपैंती गोराडीह सन्हौला और नवगछिया प्रखण्डों में निकासी की जांच की जा रही है सीबीआई ने मामला दर्ज कराने वाले सभी बीडीओ को प्रछताछ के लिये बुलाने का निर्णय लिया है जबकि कल डीआरडीए की जांच टीम में शामिल पांच अधिकारियों को पूछताछ के लिये दिल्ली बुलाया गया है जदयू राज्य कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक हो रही है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आर सी पी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जायेगी उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में भी गहन विचार विमर्श किया जायेगा श्री सिंह ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और जदयू में कोई विवाद नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि शराबबंदी में अनियमितता बरतने वाले थानाध्यक्षों पर तत्काल कार्रवाई करें एक अणे मार्ग में शराबबंदी कानून की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब जहां से आ रही है उसके स्त्रोत तक पहुंचने का प्रयास अधिकारी करें उत्पाद विभाग के टीम ने जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के चकमहेसी गाँव से डेढ़ करोड़ से अधिक की विदेशी शराब के साथ एक वाहन को जब्त किया है उत्पाद विभाग मामले की जांच कर रही है राज्य में गंगा का जलस्तर घटने लगा है जबकि कोसी और सोन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा के जलस्तर में आज भी कमी आने की संभावना है लेकिन सोन नदी का जलस्तर लाल निशान से पंद्रह सेंटीमीटर ऊपर है वहीं कोसी बलतारा में लाल निशान से अट्ठासी सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जबकि इसमें आज और बाईस सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है राजधानी पटना में शुरू हुई तीसवीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चौम्पियनशिप में मेजबान टीम के खिलाडियों ने सात स्वर्ण छह रजत और सात कांस्य के साथ बीस पदक पर अपना कब्जा जमाया उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में अठारह से बाईस सितंबर तक होने वाली सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है चौंपियनशिप के लिए महिला वर्ग में सात और पुरुष वर्ग में आठ खिलाड़ियों का चयन किया गया है दरभंगा जिले मे अलग अलग दो सड़क द्र्घटना मे चार लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच लोग घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं सीतामढी जिला प्रशासन ने खुले में शौच करने वालो के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता कार्यक्रम पर खबर बनाते हुये लिखा है गुरूद्वारों में स्वच्छता के साक्षात दर्शन दैनिक जागरण ने शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शीर्षक दिया है अब तक बरामद शराब को पंद्रह दिन में करें नष्ट प्रभात खबर ने बोधगया में मिला आठ माह पहले प्लांट किया गया जिंदा बम को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिक्षक की नौकरी के लिये महिला पुरूष बन गई तो कई ने अपनी जाति और धर्म ही बदल लिया

सृजन घोटाला मामले में सीबीआई पच्चीस से अधिक बीडीओ से करेगी पूछताछ

सके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ